मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना के एक सौ वर्ष पूरे होने के सिलसिले में कार्यक्रमों के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साल भर चलने वाले इन कार्यक्रमों का उदघाटन करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन इसके बावजूद हर स्तर पर पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाये वह आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान कोविड अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाये रखी जाये तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस का कार्य लगातार जारी रखा जाये मुख्यमंत्री ने जनपदों में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता से चलाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि विधानमंडल के आगामी सत्र से पहले सभी सदस्यों और कार्मिकों का कोविड टेस्ट करा लिया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि कल और अगले दिन कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का कार्य भारत सरकार की गाइड लाइन और मानकों के अनुरूप संचालित किया जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से पिछल चार वर्षो में बाढ़ से होने वाली जन धन हानि को रोकने में सफलता मिली है उन्होंने कहा कि ड्रेजिंग के माध्यम से नदियों को चैनलाइज करने के अच्छे परिणाम मिले हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान एक सौ छियालीस बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का लोकार्पण और एक सौ सत्तर नई बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनता को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये समय रहते स्थाई समितिया की बैठक कर बाढ़ नियंत्रण की कार्य योजना बनाकर लागू की गई

उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिये समय से किये गये उपायों के द्वारा जनधन की हानि का रोका जा सकता है एशिया के सबसे बड़े हवाई शो ऐरो इंडिया का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में उदघाटन किया

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों और साजों सामान के डिजाइन तथा निर्माण में भारत की बढ़ती उपस्थित का उल्लेख किया उन्होंने देश के नागरिक उड्यन क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रख रखाव तथा मरम्मत कार्य से जुड़े वास्तविक साजो समान निर्माणकर्ताओं तथा एजेंसियों को आमंत्रित किया

श्री सिंह ने भारत में विनिर्माण संयंत्र शुरू करने में भारतीय कंपनियों के साथ काम करने के लिए निवेशकों का आह्वान किया

उन्होंने कहा कि भारत के पास स्वदेशी रक्षा साजो सामान को निर्यात करने की क्षमता है रक्षामंत्री ने कहा मेक इन इंडिया से मेक फॉर दी वर्ल ्ड यानी विश्व के लिए निर्माण करने का सफर है रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा भलि भांति कर सकता है और सीमाओं की यथास्थिति में किसी तरह के बदलाव करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद में लिप्त लोगों को माकूल जवाब दिया जाएगा केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उत्पादन में हुई कमी की भरपाई के लिए कारखानों में काम करने क घंटों को बढ़ाने के विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने इन प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी है

एक नई उपलब्धि में भारत ने विश्व म पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया है जहां सबसे तेजी से चालीस लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके ह

देश में टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है

कोविड से स्वस्थ होने की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और मृत्युदर में लगाताार कमी आ रही है उपचाराधीन रोगियों की संख्या भी घट रही है

हमीरपुर जनपद कोरोना मुक्त हो गया है और वहां कोरोना के नये मामले सामने नहीं आ रहे हैं तथा इस समय वहां कोई भी कोरोना संक्रमण का सक्रिय रोगी नहीं है

गौरतलब है कि प्रदेश का कौशाम्बी जनपद पहले ही कोरोना मुक्त हो चुका है मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है मौसम बुलेटिन के अनुसार कल और अगले दिन गौतमबुद्धनगर गाजियाबाद बुलन्दशहर बागपत मेरठ बिजनौर हापुड़ पीलीभोत बरेली रामपुर सहारनपुर मुरादाबाद अमरोहा बदायूं संभल शाहजहांपुर मुजफ्फरनगर बहराइच हरदोई सीतापुर और शामली तथा आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है वहीं प्रदेश के बुलन्दशहर बागपत मेरठ बिजनौर हापुड़ बरेली रामपुर शाहजहांपुर पीलीभीत अमरोहा बदायूं संभल सहारपुर मुजफ्फरनगर और बहराइच तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है

दीप सिद्धु जुगराज सिंह गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर एक एक लाख रूपये और जजबीर सिंह बूटा सिंह सुखदव सिंह तथा इकबाल सिंह पर पचास पचास हजार रूपये के नकद ईनाम की घोषणा की गई है

इस घटना में पांच सौ से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे